इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के पूरा हो जाने पर खासतौर से राजस्थान और दिल्ली की पेयजल की समस्या हल हो जायेगी पेयजल की जो समस्या है विरोष रूप से राजस्थान और दिल्ली इनके लिए बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी

उन्होंने यह भी कहा कि एक बार परियोजना पूरी हो जाने पर राज्यों के बीच जल विवाद भी समाप्त हो जायेगा इस अवसर पर छह राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे

यूरिया के मूल्यों में कमी प्राकृतिक गैस पर अंतिरिक्त वैट लगाये जाने में कटौती की वजह से संभव हुई है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अब तैंतालिस किलोग्राम यूरिया का बोरा दो सौ निन्यानबे रुपये के बजाय दो सौ छाछठ रुपये पचास पैसे में उपलब्ध होगा और पचास किलोग्राम यूरिया का बोरा दो सौ पंचानबे रुपये में मिलेगा किसानों की आमदनी दो हजार इक्कीस तक दोगुनी करने के सरकार के प्रयास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है उत्तर प्रदेश के किसान कई वर्षो से मांग करते रहे हैं कि यूरिया के मूल्य अन्य राज्यों में इसकी कीमत के बराबर होने चाहिएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का कई बार दौरा किया और कुम्म मेले की तैयारियों की समीक्षा की हमारे संवददाता ने बताया है कि दुनियाभर से लाखों लोगों के प्रयागराज पहुंचने की संभावना है इस बार का कुम्म अपनी तरह का अनुठा आयोजन होगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नायक ने कल इने का दौरा किया और कलाग्राम का उद्घाटन किया यहां देश के विभिन्न हिस्सों के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे

यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यह क्षेत्र स्पेक्ट्रम विभाजित किया गया है जहां सेक्टर मजिस्ट्रेट स्थिति पर नजर रखंगे प्रयागराज में तीर्थयात्रियों की सुकिधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने छह हजार लंबे रूट की बसें चलाने की योजना बनाई है और पांच सौ सिटी क्तें यहां पहले ही चालू कर दी गई है मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने बंगलूरू में संवाददाताओं को बताया कि इस अभियान के लिए मानव अंतरिक्ष केन्द्र स्थापित किया गया है उन्होंने बताया कि मानव मिशन गगनयान परियोजना के तहत भारत तीन अंतरिक्ष यात्रियों को सात दिन के लिए बाह्य अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है चंद्रयान दो को अप्रैल के मध्य में चांद पर भेजा जाएगा जीसैट बीस उपग्रह का प्रक्षेपण सितंबर अक्तूबर में किया जाएगा इसरो अध्यक्ष सिवन ने बताया कि इसरो दो हजार तेईस तक शुक्र ग्रह पर एक मिशन भेजने की योजना बना रहा है

तीन दिन के इस आयोजन में दुनिया भर से भारतीय मूल की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह ने नई दिल्ली में बताया कि समारोह के पहले दिन युवाओं से संबंधित कार्यक्रम होंगे

भारत सरकार विदशों में बसे भारतीयों को फिर से अपनी जड़ों से जोड़ने के प्रयासों के तहत प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है